लोक जनशक्ति पार्टी ने भाजपा से एनडीए के बीच लोकसभा की सीटों के बंटवारे में पार्टी के लिये सात सीटों की मांग की है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पश्पति कुमार पारस ने पटना में संवाददताओं से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन में कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि एनडीए के भीतर भ्रम की स्थिति बनी हुई है श्री पारस ने कहा कि पिछली बार बिहार में पार्टी ने लोकसभा की सात सीटों पर प्रत्याशी खड़े किये थे उन्होंने कहा कि इसलिए अगले वर्ष होने वाले संसदीय चुनाव में भी पार्टी ने इतनी ही सीटों पर दावा किया है लोजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इकतीस दिसम्बर तक भाजपा से इस मामले में अपना रूख साफ करने को कहा है इधर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि अगर समय रहते गठबंधन के साथियों की चिंता को दूर नहीं किया जाता है तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर लोजपा नेताओं के बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस संबंध में फैसला जल्द हो जायेगा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाईगर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व इस संबंध में बैठकर आपसी सहमति से फैसला करेगा वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि लोजपा के बयान से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि गठबंधन के हर घटक को अपने तरीके से बात रखने का अधिकार है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर कल महागठबंधन के घटक दलों के साथ नई दिल्ली में बैठक करेंगे बैठक में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और लोकतांत्रिक जनता दल की ओर से शरद यादव शामिल होंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के बिहार मामलो के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी उपस्थित रहेंगे रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा बैठक में भाग लेंगे या नहीं इसे लेकर संशय बना हुआ है रेलवे टेंडर घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव की कल नई दिल्ली में पटियाला कोर्ट में पेशी होगी जेल में बंद लालू प्रसाद की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है केन्द्रीय जांच एजेंसी ने जेल में बंद मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और अन्य बीस आरोपियों के खिलाफ मुजफ्फरपुर स्थित विशेष पोक्सो अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया प्रवर्तन निदेशालय ने मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी कर पूरी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है निदेशालय ने ब्रजेश ठाकुर की पत्नी कुमारी आशा और पुत्र राहुल आनंद के नाम पर जारी नोटिस को उसके घर पर चिपका दिया है राहुल आनंद को चौबीस दिसम्बर और कुमारी आशा को छब्बीस दिसम्बर को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होकर जवाब देने को कहा गया है गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ब्रजेश ठाकुर और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच कर रहा है राज्य में आईटीआई को इंटरमीडिएट की डिग्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया है अब आईटीआई परीक्षा पास करने वाले छात्रों को इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं देनी होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज कहा कि आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री इंटर के बराबर होगी उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के समतुल्य मान्यता उन्हीं छात्रों को दी जायेगी जो हिंदी और अंग्रेजी परीक्षा में पास होंगे इसके लिये आईटीआई पास छात्रों को अलग से हिन्दी और अंग्रेजी की परीक्षा देनी होगी और उसमें पास करना अनिवार्य होगा गौरतलब है कि आईटीआई पास छात्रों को इंटरमीडिएट का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही थी छात्रों के हित में बोर्ड ने यह फैसला लिया है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक पांच करोड़ छियासी लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं नई दिल्ली में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में श्री प्रधान ने कहा कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में से अड़तालीस प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के हैं श्री प्रधान ने देश में एलपीजी का कवरेज दो हजार चौदह के पचपन प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर अब लगभग नब्बे प्रतिशत करने के लिए तेल विपणन कंपनियों की सराहना की पेट्रोलियम मंत्री ने तेल कपंनियों को उज्जवला योजना का लाभ देश के सभी गरीब परिवारों तक पहुंचाने के मंत्रिमंडल के फैसले को निर्धारित समय के भीतर लागू करने को कहा है सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि पहली बार देश के सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम विश्व स्पर्धा में दिखाई दे रहे हैं आज नई दिल्ली में पंद्रहवें सूक्ष्म लघू और मझौले उद्यम व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि देश के छोटे उद्यमियों के विकास के लिये केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है

श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार के व्यापार नियमों को सुगम बनाने की नीति के फलस्वरूप नये उद्यमों का तीन मिनट में पंजीकरण संभव हो पाया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती के उपलक्ष्य में आज पटना में स्वस्थ भारत यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एफएसएआई द्वारा प्रमाणित फोर्टीफाइड वनस्पति तेल और दूध का लोकार्पण किया खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआइ द्वारा अधिक पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का प्रमाणन किया जाता है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र से पूलिस ने आज छह हथियार तस्करों को बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर घेराबंदी कर उपरी पुल के पास गिरफ्तार तस्करों के पास से तीन ऑटोमेटिक पिस्तौल एक देशी पिस्तौल एक एयरगन और कई कारतूस बरामद किये गये हैं बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के जिलेबिया मोड़ के पास से पूलिस ने आज एक नक्सली दीपक राय उर्फ छट्ठू को गिरफ्तार किया है अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की तलाश बांका जमुई और मुंगेर जिले की पुलिस को लंबे समय से थी औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के न्यूकाजी मोहल्ला में स्थित एक आभूषण की दुकान में पांच अपराधियों ने पैंतीस लाख से अधिक मूल्य के आभूषण और नकदी लूट लिये अरवल के जिलाधिकारी सतीश कुमार सिंह ने जिले के शिवदेनी सह महाविद्यालय कलेर में निर्वाचक साक्षरता क्लब का उद्घाटन किया शेखपुरा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बिहार कौशल विकास मिशन के तहत मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम में सफल एक सौ बीस बच्चों को प्रमाण पत्र दिया रोहतास जिले के सासाराम में बैंक से रूपये निकाल कर जा रहे एक व्यक्ति से लगभग चार लाख रूपये लूटने का प्रयास कर रहे एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस सूत्रों ने बताया कि लोगों की सतर्कता से आपराधिक घटना को विफल कर दिया गया तिब्बती आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा ने आज बोधगया से पांच किलोमीटर दूर भोला बिगहा में बौद्ध धर्म के एक अध्ययन केन्द्र का शिलान्यास किया मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पांच सौ दो पेटी शराब बरामद किया बरामद शराब की कीमत सत्तर लाख रूपये बतायी जाती है इधर सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के डपरखा गांव में एक स्कूल के पास से पुलिस ने वाहन तलाशी के दौरान छह कार्टन विदेशी शराब के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार लोक जनशक्ति पार्टी ने भाजपा से लोकसभा की सात सीटों की मांग की